कृषि सुधारों के बारे में भ्रामक द्ष्प्रचार के खिलाफ किया आगाह

प्रदेश में छाछठ नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना के लिये सृजित किये गये एक हजार सात सौ सोलह नये पद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है कल मध्यप्रदेश में भोपाल के पास रायसेन में आयोजित किसान महा सम्मेलन में पचास लाख से अधिक किसानों को वर्घअल माध्यम से श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि हाल के कृषि सुधारों के बारे में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार के इन सुधारों के बारे में अविश्वास का कोई कारण नहीं है और झूठ के लिए कोई गुंजाइश नहीं है प्रधानमंत्री ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वह स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती

देश के किसानों के संगठन आज क्राषि एक्स्पर्टस क्राषि अर्थशास्त्री क्राषि वैज्ञानिक हमारे यहां के प्रोप्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आये हैं सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिये जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें कर के किसानों के वोट बटोरते रहे लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गये वादों को भी पूरा नहीं किया है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हाल में बनाये गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बेहद फायदेमंद हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल शुरू किया तो विपक्ष किसानों में भ्रम और भय फैलाना शुरू कर दिया श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार का इरादा मॉ गंगा और मॉ नर्मदा की तरह पवित्र है वो जिन चीजों का वादा करते थे वहीं बातें इन तीन कृषि सुधारों में की गई हैं मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे तेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया मोदी को इसका क्रैडिट कैसे मिल गया है

आपके सारे पुराने घोषणपत्रों को ही मैं क्रैडिट देता हूं मुझे क्रैडिट नहीं चाहिये मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिये सम्रद्धि चाहिये प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध करवा रही है श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां यह कहकर किसानों को गुमराह कर रही हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बडा झूठ और क्छ नहीं हो सकता श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासन में न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढोतरी की गई है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान भी किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी उपज खरीदी गई उन्होंने भरोसा दिलाया कि पहले की ही तरह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा दिया जाता रहेगा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य में सिर्फ बढोतरी नहीं की है बल्कि किसानों से अधिक मात्रा में अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बडा झूठ यह है कि मंडियां खत्म हो जायेंगी उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में क्रषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडियों के आध्रनिकीकरण के लिए पांच सौ करोड रुपये अधिक की योजना बनाई है प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि अगर किसानों के मन में इन सबके बावजूद भी कोई आशंकाएं हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मसले पर किसानों से बातचीत को तैयार है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदों में कोविड वैक्सीन की प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था और ट्रांसपोटेशन के संबंध में समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में अभी भी पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता हैं इस समय थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है

वह आज सम्पूर्ण वैक्सीनेशन प्रोसेस की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में लोगों को लगातार जागरूक और प्रोत्साहित किया जाये उन्होंने टेस्टिंग कार्य भी निर्धारित क्षमता के अनुरूप जारी रखने के लिये कहा

कांटैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस पर पूरा ध्यान दिया जाये यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर सुचारू रूप से कार्य करे जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में और शाम इंटेग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में समीक्षा बैठक आहूत करे प्रदेश में अग्निशमन व्यवस्थाओं को चुस्त द्रूस्त बनाने के लिये छाछठ नये अग्निशमन केन्द्र खोले जा रहे हैं उनके लिये एक हजार सात सौ सोलह पदों का सुजन किया गया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में छाछठ नये अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जिसके लिये एक हजार सात सौ सोलह नये पदों का सुजन किया गया है उन्होंने बताया कि शासन द्वारा प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिये छब्बीस पदों के अनुपात से इन सभी छाछठ अग्निशमन केन्द्रों के लिये एक हजार सात सौ नये पद सुजित किये गये हैं यह अग्निशमन केन्द्र गोरखपूर मऊ बांदा रामपूर कानपुर गोण्डा उन्नाव क्शीनगर बदायू आगरा सुल्तानपुर जौनपुर देवरिया बहराइच संतकबीरनगर वाराणसी चित्रकूट हरदोई रायबरेली इटावा सोनभद्र ब्लन्दशहर चन्दौली मुजफ्फरनगर महोबा गाजीपुर सीतापुर एटा प्रयागराज औरैया हाथरस बलिया महाराजगंज कौशाम्बी झांसी बलरामपुर अमरोहा और सिद्वार्थनगर जनपदों में विभिन्न क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कारागार और अग्निशमन विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती को मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा दो करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गई उधर राज्य में संक्रमण की दर कम होने के चलते कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी कमी आई है और इनकी संख्या घटकर छ हजार चार सौ पन्द्रह हो गई प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार चार सौ चालिस नये मामले आये और इस समय सक्रिय रोगियों की संख्या सत्रह हजार नौ सौ पचपन है